वीर योद्वा महाराणा प्रताप की जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित मुख्यमंत्री ने कांगड़ा के धर्मगिरी में महाराणा प्रताप इंटरनेशनल स्कूल की रखी आधारशिला केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर कल से प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर मंत्री बनने के बाद पहली बार आएंगे हिमाचल राज्य के अनेक स्थानों पर हल्की वर्षा से तापमान में गिरावट लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार की फिलहाल कोई योजना नहीं है और राज्य सरकार विकास पर ध्यान केन्द्रित कर रही है कांगड़ा जिले के धर्मगिरी में आज पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे प्रदेश में होने वाली इन्वेस्टर मीट को सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं और ये इन्वेस्टर मीट राज्य के विकास में एक मील पत्थर साबित होगी मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब तीन महीने की चुनाव आचार संहिता से विकास कार्य कुछ रूक से गए थे और अब इनकी गति तेज की जा रही है गोविंद ठाक्र वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने लोगों की समस्याओं के समाधान को सरकार की प्राथमिकता बताया है कुल्लू जिले के मनाली में आज जन सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों का समाधान करना सरकार के लिए सर्वोपरि है और छोटी छोटी समस्याओं को भी नजर अंदाज नहीं किया जा सकता उन्होंने अधिकारियों को जनता की शिकायतों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए ताकि उनके समय व धन की बचत हो सके

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की है एक संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन साहस स्वाभिमान और वीरता का प्रतीक है जो देश के हर नागरिक को प्रेरित करता रहेगा इस अवसर पर राजपूत कल्याण सभा द्वारा कांगड़ा जिले में शक्तिपीठ चामुंडा के निकट धर्मगिरी में एक समारोह का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया उन्होंने महाराणा प्रताप जैसे महापुरुषों के जीवन संघर्ष और समाज कल्याण में उनके योगदान को याद रखने पर बल दिया जयराम ठाकर ने कहा कि महाराणा प्रताप सच्चे देशभक्त व योद्वा थे जिन्होंने मुगल शासन के विरूद्व आजीवन लोहा लिया इससे पहले मुख्यमंत्री ने राजपूत कल्याण सभा ट्रस्ट के तत्वावधान में निर्माणाधीन महाराणा प्रताप इंटरनेशनल स्कूल परिसर की आधारशिला रखी इस आवासीय स्कूल में बीस फीसदी स्थान गरीब बच्चों की मुफ्त शिक्षा के लिए आरक्षित रहेंगे सांसद किशन कपूर और स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार इस मौके मौजूद रहे ग्रीष्मोत्सव शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर चल रहे अंतरराष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव का आज अंतिम दिन है ग्रीष्मोत्सव के अंतिम दिन आज शिमला में खूब चहल पहल रही और विभिन्न राज्यों से आए सांस्कृतिक दलों ने समृद्ध संस्कृति की झलक पेश की इसके अलावा हैरिटेज वॉक यूथ रॉक बैंड प्रतियोगिता और कठपुतली प्रदर्शन भी आकर्षण का केन्द्र रहे अंतिम सांस्कृतिक संध्या में आज रात मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र मुख्य अतिथि होंगे हिमाचली कलाकार गीता भारद्वाज हेमंत शर्मा और पार्श्व गायक फरहान साबरी व मध्श्री भट्टाचार्य अपनी प्रस्तुतियां देंगे इस बीच लोगों को कानूनी अधिकारों की जानकारी देने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा रिज मैदान पर जागरूकता स्टॉल लगाया गया

प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धर्मचन्द चौधरी ने आज स्टॉल का निरीक्षण किया उन्होंने कहा कि स्टॉल के माध्यम से लोगों को कानूनी अधिकारों संबंधी प्रचार सामग्री भी उपलब्ध करवाई गई

एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि योग से बहत लाभ हैं

कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भाजपा को लोकसभा चुनाव में मिली जीत से अति उत्साहित न होने की सलाह दी है उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनमत का सम्मान करती है और कांग्रेस ने चुनाव हारा है लेकिन हिम्मत नहीं हारी उन्होंने राज्य सरकार को कांग्रेस नेताओं पर टिप्पणी करने के बजाए प्रदेश के विकास पर ध्यान केन्द्रित करने को कहा है अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर केन्द्रीय मंत्री बनने के बाद कल से पहली बार प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं

कल सुबह ऊना के मैहतपुर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा अनुराग ठाकुर का स्वागत किया जाएगा बाद में वे ऊना जिले के अनेक स्थानों पर रोड शो व जनसभाएं करेंगे शाम के समय वित्त राज्य मंत्री का हमीरपुर पहुंचने का कार्यक्रम है जहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा अनुराग ठाकुर के स्वागत की तैयारियों के लिए जिला भाजपा पदाधिकारियों की आज हमीरपुर में बैठक हुई जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी मौजूद रहे गरशा इको फेस्टिवल लाहौल स्पिति जिले में मनाए जा रहे गरशा इको फेस्टिवल के दूसरे दिन आज वाहनों में कूड़ा बैग लगाकर यात्रियों को स्वच्छता का संदेश दिया गया इसके अलावा स्कूली बच्चों व व्यापार मण्डल के सहयोग से केलंग बाजार में अभियान चलाकर जिले को प्लास्टिक मुक्त बनाने के बारे में लोगों को जागरूक किया गया राज्य परिवहन निगम केलंग के क्षेत्रीय प्रबंधक मंगल चन्द मनेपा और यंग ड्रुकपा एसोसिएशन के सचिव सुशील ने बताया कि बसों व अन्य गाड़ियों में दो दो कूड़ा बैग लगाए गए

तेज हवाएं चलने व वर्षा से अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है

जबकि आज रात मध्यम क्षेत्रों के कई स्थानों पर तीस से चालीस किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज आंधी के बीच वर्षा की चेतावनी दी गई है बैडमिंटन दिल्ली विकास प्राधिकरण हिमाचल में बैडमिंटन प्रतिभाओं को निखारने में मदद करेगा प्राधिकरण के निदेशक व प्रदेश के वरिष्ठ एचएएस अधिकारी केके शर्मा ने सोलन में हुई प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की सालाना आम सभा में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि हिमाचल के प्रतिभावान बैडमिंटन खिलाड़ियों को दिल्ली में अभ्यास के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण अपने स्टेडियमों के इस्तेमाल की अनुमति देगा केके शर्मा ने बैडमिंटन एसोसिएशन को प्राधिकरण की ओर से यथासंभव वित्तीय मदद का आश्वासन भी दिया